उन्होंने कहा कि प्रदेश देश के समृद्व राज्यों में से एक होने का सामर्थ्य रखता है उन्होंने कहा कि एक दिन पूर्व ही उनकी सरकार ने चार वर्ष का कार्यकाल पूरा किया है श्री योगी ने कहा कि इन चार वर्षो में उत्तर प्रदेश जिन संभावनाओं के लिए जाना जाता था उनकी सरकार ने उसे वह स्थान दिलाया है

श्री योगी ने पर्यटन को रोजगार सुजन का बड़ा माध्यम बताया मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य में पर्यटन की संभावनाओं को विस्तार दिया है उन्होंने कहा कि प्रयागराज कुंभ के दौरान चौबीस करोड़ श्रद्वालू संगम तट पर पहुंचे इससे प्रयागराज में व्यापारियों की आमदनी में इजाफा हआ श्री योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने वर्ष दो हजार सत्रह में अयोध्या में दीपोत्सव की शुरूआत की उन्होंने कहा कि हर वर्ष दीपावली पर होने वाला यह कार्यक्रम आज वैश्विक आयोजन बन चुका है मुख्यमंत्री ने कहा कि मथुरा के बरसाना में आगामी बाईस और तेईस मार्च को रंगोत्सव कार्यक्रम का भव्य आयोजन होगा उन्होंने कहा कि दुनिया भर से बड़ी संख्या में पर्यटक रंगोत्सव में भाग लेने आते हैं इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार सूजन को बढ़ावा मिलता है श्री योगी ने कहा कि वर्ष दो हजार उन्नीस में राज्य में मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना की शुरूआत की गयी थी उन्होंने कहा कि इसके तहत यह सुनिश्चित किया गया कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम एक पर्यटन क्षेत्र का सौंदर्यीकरण किया जाए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में शुरू की गयी एक जनपद एक उत्पाद योजना आत्मनिर्मर भारत की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है गोरखपुर में आज एक जनपद एक उत्पाद योजना के अन्तर्गत गारमेट प्रदर्शनी के समापन सत्र को सम्बोधित करते हए श्री योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने वर्ष दो हजार अट्ठारह में राज्य में एक जनपद एक उत्पाद योजना शुरू की थी इस योजना का उद्देश्य लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देते हुये परम्परागत उत्पादों को प्रोत्साहित करना और मंच प्रदान करना है मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में परम्परागत उद्यम के लिये असीम सम्भावनायें मौजूद हैं उन्हॉने कहा कि गोरखप्र आने वाले दिनों में रेडीमेड परिघान निर्माण के केन्द्र के रूप में उभर सकता है श्री योगी ने कहा कि जिले में वर्तमान में पांच सौ करोड रूपये के रेडीमेड परिघान बनाये जाते हैं जबकि दो हजार करोड़ रूपये के रेडीमेड परिधान बाहर से मंगाने पड़ते हैं उन्होंने कहा कि लोगों को प्रशिक्षण देकर यहां वस्त्र उद्योग को बढावा दिया जा सकता है मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार ने कोविड महामारी के संकट के समय सूक्ष्म लघ् और मध्यम इकाइयों को आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत आसान ऋण उपलब्ध कराया उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी जनपदों में जिलाधिकारियों को उद्यमियों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं को हल करने के निर्देश दिये गये हैं मुख्यमंत्री ने आज दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में नाथ पंथ का वैश्विक प्रदेय विषय पर आयोजित अन्तर्राष्टीय संगोष्ठी सह वेबिनार का भी उदघाटन किया इस अवसर पर अपने सम्बोधन में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों और अन्य शिक्षा केन्द्रों का आहवान किया कि वे अपनी सम्यता और समुद्द संस्कृति पर आघारित शिक्षा प्रणाली को प्रोत्साहित करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीरांगना रानी अवंतीबाई के बलिदान दिवस पर आज लखनऊ के हजरतगंज में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश में तीन महिला पीएसी बटालियन की घोषणा की उन्होंने कहा कि इन तीन बटालियन का नाम देश की तीन महान वीरांगनाओं झलकारी बाई रानी अवंतीबाई लोघी और वीरांगना उदा देवी के नाम पर किया जा रहा है मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा सम्मान और स्वावलंबन के लिए मिशन शक्ति के रूप में विशेष अभियान शुरू किया है

श्री योगी ने कहा कि राज्य के एक हजार चार सौ पैंतीस थानों में महिला डेस्क बनाई गई हैं इसके अलावा सरकार का प्रयास है कि हर जिले में कम से कम पांच महिला पुलिस की रिपोर्टिंग चौकी हो

वर्ष दो हजार दस से इस दिवस का आयोजन गोरैया की संख्या में जबरदस्त कमी के प्रति लोगों को जागरुक बनाने के उद्देश्य से किया जाता है कीटनाशकों के बढ़ते उपयोग भवन निर्माण शैली में बदलाव तथा घरों में बगीचों के अमाव के कारण पिछले कुछ वर्षो में गोरेयों की संख्या तेजी से घटी है इसके लिए मोबाइल और टीवी टावरों से हो रहे विकिरण को भी उत्तरदायी माना जाता है

दमकल विभाग ने तुरंत आग पर काबू पाया